ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस विधेयक के जरिये इन पांच जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा बाद में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने गुर्जरों की मांगों को देखते हुए विधानसभा में कानून पारित कराया है श्री पायलट ने अपील की कि अब गुर्जर समुदाय को अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए वहीं गुर्जर नेताओं की ओर से कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक का अध्ययन किया जायेगा और इसके बाद आन्दोलन पर निर्णय लिया जायेगा इस बीच प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात आज सातवें दिन भी प्रभावित है दिल्ली मुम्बई रेलमार्ग को आज भी आंदोलनकारियों ने बाधित कर रखा है गुर्जरों ने कल चौथ का बरवाड़ा के पास रेल मार्ग को बाधित कर दिया इस कारण इंदौर जोधपुर इंटरसिटी को सवाईमाधोपुर से कोटा वापस भेजा गया और उसे वाया चित्तौड़गढ होते हुए निकाला गया वहीं गंगापुरसिटी में सड़क पर जाम लगा दिया

उर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने संकल्प पेश करते हये कहा कि इस विधेयक में आर्थिक पिछडों को दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका हैं इसी के साथ ही महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीट आरक्षित करने के लिये शासकीय संकल्प को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने सदन में यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के जल्द ही महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराया जाए

उन्होंने कहा कि केन्द्र में बहमत वाली सरकार के कारण विश्व में भारत ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है

राज्य सरकार के तीन दिन में नियुक्ति पत्र देर्न के आदेश के दूसरे ही दिन कल अदालत ने सरकार को ट्राइबल सब प्लान टीएसपी और गैर टीएसपी क्षेत्रों में रिक्तियों का वर्गीकरण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा